लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है मगर वह जरूरतमंद है तो उसे आवश्यक खाद्य सामग्री दी जाए

मुख्यमंत्री ने आगामी तीस जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करने यानी इसे सभी के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने आगामी रमजान के दौरान आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच के भी निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के उपायों से बाजार में मुद्रा तरलता में वृद्वि होगी और लोगों को ऋण मिलने में भी आसानी होगी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के बीच आर बी आई द्वारा उठाए गए इन कदमों से छोटे व्यवसायियों सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी

रिजर्व बैंक ने रिवर्स रैपोरेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करने की घोषणा की रैपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिये लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज की भी घोषणा की

संक्रमण से अब तक चार सौ बावन लोगों की मृत्यु हुई है ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोगों का इलाज चल रहा है एक हजार सात सौ छियासठ रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड नाइन्टीन रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर है

अब तक बयासी लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं राज्य में सात सौ तिरपन कोविड नाइन्टीन के मरीजों का उपचार चल रहा है प्रदेश में अब तक चौदह लोगों की मृत्यु भी हुई है प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है राज्य में ब्रहस्पतिवार को इकहत्तर लाख बासठ हजार परिवारों के तीन करोड़ लाभार्थियों को डेढ़ लाख मीट्रिक टन निःशुल्क चावल वितरित किया गया यह देश में एक दिन में अनाज वितरण की सर्वाधिक मात्रा है कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यह ऐप लोगों को कोविड नाइन्टीन से होने वाले खतरे के प्रति आगाह करती है अब तक देश में छः करोड़ से अधिक लोग इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने भी लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप हम सबको समझना चाहिए

कृपया अउर जनवावे लोर्गो की ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है

यह ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य में इक्कीस लाख श्रमिकों को एक एक हजार रूपये से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है जिसका व्यय भार दो सौ दस करोड़ रूपये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं

मौलानाओं ने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहना चाहिए लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ऐसी ही अपील की है भैं खालीद रशीद फिरंगी महली लखनऊ की सरजमीं से आप हजरात को ये पैगाम दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में भी इस बीमारी की आमद दर्ज हो चुकी है इस वक्त पूरे मुल्क की अवाम का ये बुनियादी फर्ज है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जंग करें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस जंग के खिलाफ अहम स्टेप्स उगए हैं इस वक्त हम सबका भी यही फर्ज है कि लॉकडाउन के जो भी रूल्स रेगूलेशंस हैं उस पर पूरे तरीके से अमल करते हुए अपने घरों में ही रहें हापुड़ जनपद में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले पहले व्यक्ति की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है जिलाधिकारी ने ट्वीट कर बताया कि थाईलैंड का रहने वाला यह व्यक्ति अब पूरी तरह स्वस्थ है

उन्होंने कहा कि मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलना पूर्णबंदी का उल्लंघन है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है

यह मोबाइल कैश वैन लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नकदी निकालने की सुविधा उपलब्ध कराएगी जिलाधिकारी ने बताया कि कैश वैन में एटीएम कार्ड के अलावा आधार कार्ड के जरिये अंगूठा लगाकर भी नकदी निकालने की सुविधा है

जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह सहित न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कल शहर के चिन्हित स्थानों पर असहाय लोगों को भोजन सामग्री और मास्क तथा सैनिटाइजर बांटे

बरेली बदायू मुजफ्फरनगर शामली संभल पीलीभीत कन्नौज कानपुर देहात हमीरपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में हल्की से तेज बारिश दर्ज की गई बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की कटाई प्रभावित होने के साथ साथ फसलों के नुकसान की आशंका जतायी गयी है और अब कोरोना योद्वाओं से जुड़े कुछ समाचार प्रदेश में कोरोना योद्वा पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के साथ साथ लोगों को आवश्यक मदद भी पहुंचा रहे हैं रामपुर जिले के शहजादनगर थाने के अंतर्गत गांव मेघानगला में कैंसर पीड़ित पांच वर्षीय एक बच्चे की दवाएं खत्म हो गईं तो पिता ने पुलिस से मदद मांगी पुलिसकर्मियों ने परिवार को दवा उपलब्ध करा दी है शहर के बरेली गेट की रहने वाली कैंसर पीड़िता किशोरी को भी पुलिस की ओर से दवा उपलब्ध करायी गयी सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की एक महिला का अवसाद का इलाज चल रहा है पुलिस की मदद से उसे भी दवा मिली है अमरोहा में इनरव्हील क्लब सरगम की महिलाओं ने कोरोना योद्वा सफाईकर्मियों का फूल बरसाकर लॉकडाउन के दौरान उनके योगदान के लिए आभार प्रकट किया सफाईकर्मियों को खाद्यान्न और सुरक्षा किट भी दी गयी चित्रकूट में लोगों के घरों तक रसोई गैस सिलेण्डर पहुंचाने वाले कर्मियों का बुन्देली सेना से जुड़े युवाओं ने गमछा देकर सम्मान किया